इस बैठक में राज्यपाल ने पूर्वोत्तर परिषद की सड़सठवीं बैठक के मद्देनजर राज्य में सड़क संपर्क किसानों की आमदनी दोगुना करने बांस विकास अजीविका कार्यक्रमों सहित विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की श्री मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं की समुचित निगरानी होनी चाहिए और विकास कार्यक्रमों को लागू करने से जुड़ी चूनौतियों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित जनसंख्या को सुनिश्चित करना होगा बैठक के दौरा राज्यपाल ने अधिकारियों से कठिनाईयों के बावजूद समय पर कार्यालय पहुचने और आम लोगों से मिलने को कहा उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ाने का भी सुझाव दिया राज्यपाल ने अधिकारियों से किसानों के उत्पादों के परिवहन संरक्षण और मार्केटिंग की चूनौतियों को हल कर उनकी आमदनी को दोगुना करने के सभी उपायों पर अमल करने को कहा उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में किसानों द्वारा बांस की बत्तीस प्रजातियाँ उगाई जाती है और चौवालीस प्राजातियाँ प्राकृतिक रुप से पायी जाती है राज्यपाल ने इसे ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर परिषद में अरुणाचल में बांस अनुसंधान सह विकास संस्थान को खोलने का प्रस्ताव रखने को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री सिरिंग तोब्गे ने परस्पर हित के सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया है नई दिल्ली में कल बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और भूटान के लोगों के हित में द्विपक्षीय भागीदारी को नई ऊंचाईयों तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि श्री मोदी और श्री तोब्गे के बीच परस्पर हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत निकट पड़ोसी और मित्र के रुप में भूटान को विकास लक्ष्य हासिल करने में सहयोग देता रहेगा श्री तोब्गे ने भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी और अमूल्य सहयोग के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट किया असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गयी है कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है इससे सात जिलों के ईक्यावन हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए है

वन महोत्सव सप्ताह के तहत राज्यभर में पौधारोपण सह जागरुकत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है पाप्रमपारे जिले के मिदप्र में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री नाबम रेबिया ने कहा कि जैविक संतुलन को बनाए रखना अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उन्होंने कहा कि भावी पीढी के हित में प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाना चाहिए श्री रेबिया ने कहा कि हरित एवं स्वच्छ अरुणाचल सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने वनस्पतियों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकारी विभागों और समाज के सभी वर्गों के बीच आपसी सहयोग पर बल दिया है इधर ईस्ट सियांग़ जिले के मेबो में वन महोत्सव सप्ताह के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया जिला वन विभाग ने लोगों से वन क्षेत्र का अतिक्रमण न करने और हरियाली को बनाए रखने में विभाग के साथ सहयोग करने की अपील की है लोकसभा सांसद निनोंग इरिंग ने पासीघाट निजामघाट तेजू और रुपाई रेल लाईन का निर्माण कार्य शुरु करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयुष गोयल से हस्तक्षेप करने की मांग की है उन्होंने कहा कि रेल लाईन के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के मुद्दे के चलते रुकसीन पासीघाट रेलवें लाईन का निर्माण कार्य भी रुका हुआ है श्री निनोंग इरिंग ने केंद्रीय मंत्री से विभागीय अधिकारियों को परियोजना स्थल का सर्वेक्षण शुरु करने का निर्देश देने को कहा है ताकि रेल लाईन पर काम जल्द शुरु किया जा सके

वस्तु और सेवाकर जी एस टी के क्रियान्वयन का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में वित्त सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि केंद्र जी एस टी रिफंड की प्रक्रिया को पूरे तौर पर स्वचालित बनाने की कोशिश कर रहा है उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था को सरल बनाने से काफी फायदा हुआ है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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव नो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन दशमलव आर मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई